मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया केवल वही संस्थान खुले रहेंगे जिनमें परीक्षाएं चल रही हैं और अध्यापकों सहित महाविद्यालय व स्कूलों का अन्य स्टाफ नियमित तौर पर शिक्षण संस्थानों में उपस्थित रहेगा

उन्होंने कहा कि नर्सिंग और चिकित्सा संस्थान नियमित रूप से कार्य करते रहेंगे

मन्दिरों के अन्दर लंगर और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबन्ध रहेगा और श्रद्वालुओं को केवल दर्शन की ही अनुमति होगी

जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से करोड़ों रूपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी कार्यकाल के साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास किया है

इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली से इस कार्यकम में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया उन्होंने कहा कि जिन विकास परियोजनाओं के आज उद्घाटन व शिलान्यास किए गए उनसे क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने में सहायता मिलेगी अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और हिमाचल को कई बड़े चिकित्सा संस्थान दिए हैं कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने टौणी देवी में तहसील कार्यालय भवन के लिए आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश कोरोना पर विजय हासिल करेगा

विपिन परमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा क्षेत्र में व्यापक व दूर्गामी बदलाव आएंगे उन्होंने अध्यापकों से बच्चों को नैतिक मुल्यों पर आधारित शिक्षा देने का आह्वान किया इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए अध्यापकों को सम्मानित भी किया तपेदिक पुरस्कार मुख्य सचिव अनिल खाची और स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने तपेदिक रोग के उन्मूलन करने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए हिमाचल प्रदेश को मिले पुरस्कार प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह आज शिमला में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को भेंट किया

यह पुरस्कार हाल ही में दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रदान किए थे मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में तपेदिक का उन्मूलन उनके अथक प्रयासों और समर्पित सेवाओं के कारण ही सम्भव हो पाया है जुही देवी स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि कुल्लू जिले के शांगचन गांव की जूही देवी की मृत्यु कोरोना वैक्सीन लगाने से नहीं बल्कि दिल का दौरा पड़ने से हुई थी उन्होंने बताया कि विभाग की चार सदस्यीय टीम ने गांव का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया जिसमें उनकी मृत्यु के कारणों का पता चला है उन्होंने बताया कि इस संबंध में उनके परिजनों ने लिखित बयान दिया है